् कृषि विभाग ने किसानों को खेती सम्बन्धी नवाचार और जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किये व्हाट्सएप ग्रुप ्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को करेंगे संबोधित ्र असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है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

विधानसभा सचिव की ओर से जारी एक अधिसुचना के मुताबिक यह सत्र राज्य सरकार द्वारा अतिआवश्यक शासकीय और विधायी कार्य संपादित करने के लिए की गई अनुशंषा पर बुलाया गया है

श्री गहलोत कल अपने निवास पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे बचाव के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश देश के दूसरे राज्यों की स्थिति और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाए श्री गहलोत ने इस बारे में अधिकारियों को जरूरी प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए भी निर्देश दिये उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शुरू से ही कोरोना महामारी को गंभीरता से लिया जिस कारण राज्य में यह बीमारी नियंत्रण में रही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक कर रही है और संक्रमण का खतरा कम होने तक कोरोना के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा

कल ढाई हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए

दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में इस समय तीन वैक्सीनों का परीक्षण चल रहा हैं जिनमें से एक वैक्सीन तीसरे चरण के अंतिम दौर में है

इसके लिए राज्यभर में करीब पांच हजार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं इनसे पांच लांख किसानों को जोड़ा गया है

कृषि मंत्री लाल चन्द कटारिया ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षकों को इन व्हाट्सएप ग्रूप की जिम्मेदारी दी गई है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

विजयादशमी या दशहरा रावण पर प्रभू राम की विजय की याद में मनाया जाता है यह बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाए दी हैं

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा पर्व हमें सिखाता है कि सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलकर बुराई को पराजित किया जा सकता है